केन्द्र सरकार ने श्क्रवार को चार मई के बाद लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें देने की घोषणा की थी स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सात सौ जिलों को रेड ओरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है और क्षेत्र के अनुसार केन्द्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि ग्रीन क्षेत्रों में एकत्र होने को छोडकर व्यवहारिक रूप से रोजमर्रा की सभी गतिविधियों की अन्मति होगी उन्होंने कहा कि सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भारत चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर आ रहा है जहां अधिक से अधिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी

सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा रेल सेवाएँ अंतर्राज्यीय बस सेवाएँ एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान प्रशिक्षण संस्थान सिनेमा हाल शॉपिंग मॉल जिम स्वीमिंग पूल स्पोर्टस काम्पलेक्स मनोरंजन पार्क थियेटर बार ऑडिटेरियम सामुदायिक भवन बंद रहेगें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम द्रदर्शन मध्यप्रदेश पर अपने संदेश में कहा कि इसी प्रकार सामाजिक राजनैतिक खेलकूद साहित्यिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियाँ भी प्रतिबंधित होंगी सभी धार्मिक स्थान पूजन स्थल बंद रहेंगे

म्ख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करने की अन्मति होगी

उधर धार के रेड जोन में होने के बावजूद लॉकडाउन का तीसरा चरण थोड़ी राहत लेकर आया है ग्ना में भी कुछ चीजों में राहत दी गई है

होशंगाबाद जिला भी रेड ज़ोन में है लिहाजा यहां भी ज्यादा राहत नहीं मिलेगी बालाघाट में एसडीएम ने कल व्यापारियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली ग्रीन जोन में शामिल सिंगरौली में भी आज से लॉकडाउन में आंशिक छूट मिलेगी

कल देर रात दो नए मामले सामने आये हैं

निवाड़ी जिले के दो संदिग्ध मरीजो की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई हैं

तालाब गहरीकरण इंदौर जिले में जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में जनभागीदारी से तालाबों के गहरीकरण और जीर्णोद्वार के कार्य करवाये जायेंगे कलेक्टर मनीष सिंह ने इसके लिये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

अशोकनगर जिले में भी गरज चमक के साथ बौछारे पड़ीं